छत्तीसगढ में कल कोरोना संक्रमण के एक हजार नौ सौ दस नये मामले सामने आए इनमें दर्ग जिले में सबसे ज्यादा करीब सात सौ कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं वहीं रायपुर जिले में पांच सौ सात मरीजों की पृष्टि हई है इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढकर तीन लाख सत्ताईस हजार से अधिक हो गई है वर्तमान में करीब साढ़े दस हजार मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है दूर्ग जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकर ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण रिकॉर्ड स्तर पर पहंच गया है शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से मरीज सामने आ रहे हैं डॉक्टर ठाकर ने नागरिकों से अपील की है कि जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें इस बीच राज्य में कोरोना टीकाकरण भी जोरशोर से जारी है प्रतिदिन सत्तर से अस्सी हजार लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है आज कोरोना वैक्सीन की नई खेप नई दिल्ली से राजघानी रायपुर पहुंची इनमें कोविशील्ड वैक्सीन के चवालीस पैकेट में पांच लाख छब्बीस हजार डोज हैं

ये पहली अप्रैल से तीस अप्रैल तक लागू रहेंगे दिशा निर्देशों में मुख्य रूप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण उपलब्धि को और मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है करीब पांच महीने से कोविड मरीजों की संख्या में निरंतर गिरावट से यह स्पष्ट हुआ है कि वायरस को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है देश के कुछ भागों में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने के मद्देनजर राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों को जांच निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का अधिकार दिया गया है केन्द्र त्यौहार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव आरती आहूजा ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखा है इसमें होली शब ए बारात बिह ईस्टर और ईद उल फित्र के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने को कहा गया है अपर सचिव ने कहा कि इस समय कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन नहीं करने पर अब तक की उपलब्धि पर पानी फिर सकता है मनरेगा मजदूरी प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के श्रमिकों को आगामी एक अप्रैल से प्रतिदिन एक सौ तिरानवे रूपये मजदरी मिलेगी केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा के तहत इस वित्तीय वर्ष के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है मनरेगा के तहत काम करने वाले अकशल हस्त कर्मकारों के लिए छत्तीसगढ में एक सौ तिरानवे रूपये प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है बीते वित्तीय वर्ष में एक सौ नब्बे रूपये मजदूरी दर निर्धारित थी शहीद जवान श्रद्धांजलि नारायणपुर जिले के कड़ेनार के पास माओवादी घटना में शहीद हुए पांच जवानों को आज नारायणपुर के पुलिस लाइन सिंथित शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि दी गई श्रद्धांजलि के बाद शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया गया गौरतलब है कि नारायणपुर जिले में कल माओवादियों ने जवानों से भरी बस को निशाना बनाते हए आईईडी विस्फोट कर दिया था इस घटना में डीआरजी के पांच जवान शहीद हो गए थे वहीं बारह अन्य जवान घायल हुए हैं जिनमें से गंभीर रूप से घायल सात जवानों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है शहीद जवानों में अंतागढ़ के करन देहारी कांकेर के सेवक सलाम बहीगांव के पवन मंडावी नारायणपुर के विजय पटेल और ग्राम कसावाही के जयलाल उइके शामिल हैं माओवादी घटना समीक्षा बैठक इस बीच नारायणपुर जिले के प्रवास पर पहुंचे पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी और नक्सल ऑपरेशन के स्पेशल महानिदेशक अशोक जुनेजा ने आज घटना के संबंध में समीक्षा बैठक ली बैठक में श्री अवस्थी ने आईईडी विस्फोट घटना की जांच के निर्देश दिए उन्होंने माओवाद विरोधी अभियान के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानी पर अमल किए जाने पर जोर दिया माओवादी समाचार दंतेवाड़ा जिले में आज सुरक्षा बलों ने दो इनामी माओवादियों को गिरफ्तार किया है मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की टीम भांसी थाना क्षेत्र से तलाशी अभियान पर निकली थी इस दौरान सुरक्षा बलों ने जंगल में घेराबंदी कर इन माओवादियों को पकड़ा इन पर दस दस हजार रूपये का इनाम घोषित था उधर बीजापुर जिले में माओवादियों ने तर्रेम और सिलगेर के बीच नवनिर्मित सड़क को काटकर आवागमन को बाधित कर दिया है पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि तर्रेम थाना क्षेत्र में माओवादियों ने एक किलोमीटर के अंदर ही नौ जगहों से सड़कों को काटकर आवागमन को बाधित किया है उन्होंने कहा कि माओवादी क्षेत्र के विकास और आदिवासियों की ख्रशहाली को देखकर बौखला गए हैं

इसके तहत फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के लिए कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है प्रदेश के विभिन्न जिलो में रिक्त जिला पंचायत सदस्य सरपंच और पंचों के तेरह सौ से अधिक पदों के लिए उप चुनाव होना है क्षय रोग निवारण दिवस आज विश्व क्षय रोग निवारण दिवस है क्षय रोग से स्वास्थ्य समाज और अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसानों और इस वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए प्रयास तेज करने के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष चौबीस मार्च को यह दिन मनाया जाता है इस वर्ष विश्व क्षय रोग का विषय है द क्लॉक इज टिकिंग इसका अर्थ है टीबी को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रतिबद्दताओं को पूरा करने का समय बीतता जा रहा है छत्तीसगढ में विश्व क्षय रोग निवारण दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रचार रथ रवाना करने के साथ ही मास्क वितरण कर लोगों को टीबी रोग के प्रति जागरूक किया जा रहा है दर्ग में आज सुबह टीबी अस्पताल में मास्क वितरण कार्यक्रम का श्रभारंभ किया गया शहर में ट्रैफिक पुलिस बस ऑटो सर्विस स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों को कोरोना तथा टीबी से बचाव के लिए मास्क का वितरण किया जा रहा है इसके अलावा जिले के सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेल्थ और वेलनेस सेंटरों में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है किरणमयी नायक पत्रकारवार्ता छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया है कि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आयोग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा साथ ही आयोग मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ अभियान शुरू करेगा श्रीमती नायक आज महिला आयोग के स्थापना दिवस के मौके पर एक पत्रकारवार्ता को संबोधित कर रही थी इस मौके पर उन्होंने बताया कि आठ महीने के उनके कार्यकाल में अब तक एक हजार से अधिक मामलों की जनसुनवाई हुई है जिनमें से तीन सौ छियालीस मामलों का निराकरण किया जा चुका है श्रीमती नायक ने बताया कि लॉकडाउन में भी आयोग ने जनसुनवाई की है श्रीमती नायक ने बताया कि ॅआयोग अभी तक पच्चीस जिलों में जनसुनवाई कर चुका है रायपुर जिले में इक्कीस जनसुनवाई हुई है जिनमें तैंतालीस प्रकरणों का निराकरण किया गया है राज्यपाल मुलाकात इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसके पाटील ने आज राज्यपाल अनुसुईया उइके से सौजन्य मुलाकात कर उन्हें दंतेवाड़ा कृषि विज्ञान केन्द्र में बनाया गया हर्बल गुलाल भेंट किया यह हर्बल गुलाल महिला स्व सहायता समूह द्वारा बनाया गया है कलपति ने बताया कि इन महिलाओं को दंतेवाड़ा कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है इससे स्व सहायता समूहों को रोजगार मिलता है और उन्हें अच्छी आमदनी भी होती है इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया गया यह एक अच्छा प्रयास है हर्बल गुलाल के उपयोग से होली खेलने के दौरान स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार लोकवाणी में नया बजट नये लक्ष्य विषय पर बातचीत करेंगे इस संबंध में आकाशवाणी रायपुर के द्रभाष क्रमांक शून्य सात सात एक दो चार तीन शून्य पांच शून्य एक पांच शून्य दो और पांच शुन्य तीन पर कल और परसों दोपहर तीन से चार बजे के बीच फोन करके श्रोता अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं मुख्यमंत्री की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की सत्रहवीं कड़ी का प्रसारण आगामी ग्यारह अप्रैल को होगा